लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ संसदीय सीटों पर कल वोट डाले जायेंगे निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिये सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है इस चरण में जिन आठ लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर शामिल है इन सीटों पर कुल छिनयानवे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें दस महिला उम्मीदवार शामिल है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान के लिये सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है सभी मतदान केन्द्रों पर डिजिटल कैमरे लगाये गये हैं जहां मतदान कार्य पर निगरानी रखने के साथ साथ पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी चुनाव आयोग ने इस बार शत प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर वीपीपैट के इस्तेमाल की भी व्यवस्था की है पहले चरण के मतदान के लिये छह हजार पांच सौ पचहत्तर मतदान केन्द्रों पर सोलह हजार छह सौ पैंतीस मतदेय स्थल बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि इस चरण के मतदान में एक करोड़ बावन लाख अड़सठ हजार छप्पन मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे इनमें तिरासी लाख सत्ताईस हजार चार सौ उन्हत्तर पुरूष मतदाता वहीं उन्हत्तर लाख उन्तालीस हजार सात सौ इकसठ महिला मतदाता तथा आठ सौ छब्बीस थर्ड जेंडर के मतदाता है इस बीच चुनाव प्रशासन द्वारा संबंधित मतदान केन्द्रों के लिये पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीनों और संबंधित चुनाव सामग्री के साथ अपने गंतव्य में पहुंचने लगे हैं

आज विक्टोरिया पार्क से पोलिंग पार्टी मतदान कराने के लिए रवाना हो गई

संगीत श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार मेरठ पहले चरण के लिये कल होने वाले मतदान के लिये सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं अतंर्राज्जीय और अतंर जनपदीय सीमाओं को सील करते हुए मतदान वाले क्षेत्रों में अवैध शराब के आवागमन और दुकानों को भी मतदान सम्पन्न होने तक बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिये एक लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है इनमें केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की एक सौ सत्तावन कम्पनियां तथा पीएसी की पैंतीस कम्पनियों को लगाया है पूरे क्षेत्र को एक सौ तीस जोनो और एक हजार तीन सौ आठ सेक्टरों में बांट कर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है इस चरण में तीन हजार एक सौ छिहत्तर क्रिटिकल मतदेय स्थलों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि वोट डालना नागरिकों का पावन दायित्व है और हर एक नागरिक को राजनीति की गुणवत्ता बढ़ाने लोकतंत्र को मजब्त करने और लोगों तथा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहिए उधर भारतीय प्रेस परिषद ने चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के खिलाफ बिना पुष्टि किए कोई आरोप छापने के खिलाफ भी अखबारों को आगाह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले की निंदा की है अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि हमले में मारे गए भाजपा विधायक भीमा मंडावी के निधन से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ में हुए माओवादी हमले को अत्यन्त दुखद करार दिया है एक ट्वीट में श्री गांधी ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रृद्धांजलि अर्पित करते हुए दुख की इस घड़ी में शोकसतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है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

लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिये अधिसूचना आज जारी कर दी गई है अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस चरण में प्रदेश की चौदह संसदीय सीटों पर आज से नामांकन पत्र दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया है

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्म देव राम तिवारी न बताया कि पांचवें चरण के मतदान में कुल दो करोड़ सैंतालीस लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इनमें एक करोड़ बत्तीस लाख पुरूष एक करोड़ चौदह लाख महिलाएं तथा एक हजार तीन सौ इक्कीस ट्रांस जेंडर मतदाता है पांचवें चरण की लगभग सभी सीटों पर प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं इस बीच पांचवें चरण के अन्तर्गत आने वाली अमेठी संसदीय सीट से आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस दारान उनकी माता सोनिया गांधी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तथा परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे

राहुल गांधी अमेठी से लगातार तीन बार सांसद चुने गये हैं दो हजार चार में उन्होंने पहली बार यहां से जीत दाखिल की थी राहुल गांधी इस बार केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं कौशाम्बी में सपा बसपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार इन्द्रजीत सरोज ने और बांदा में गठबंधन के उम्मीदवार श्यामा चरण गुप्ता ने आज अपना नामांकन दाखिल किया उधर भाजपा के अक्षयवर लाल गौड़ ने भी बहराइच संसदीय सीट से अपना पर्चा भरा लोकसभा चूनाव के पांचवें चरण के अन्तर्गत प्रदेश के बाराबंकी से भाजपा ने उपेन्द्र रावत कांग्रेस ने तनुज पूनिया और सपा बसपा गठबंधन ने राम सागर रावत को मैदान में उतारा है रायबरेली संसदीय सीट से कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बार फिर मैदान में हैं भाजपा ने गांधी परिवार के करीबी रहे एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को उनके खिलाफ उतारा है अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव मैदान में है तो वहीं भाजपा से स्मृति ईरानी इस सीट पर चुनाव लड़ रही है अमेठी से सपा बसपा गठबंधन ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है सीतापुर से भाजपा ने राजेश वर्मा को बसपा ने नकूल दूबे को अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं इस सीट से कांग्रेस की कैसरजहां चनाव मैदान में है लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार कल समाप्त होने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने अब दूसर और तीसरे चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली और बदायूं में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चूनावी सभाओं को संबोधित किया अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सभी वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के साथ साथ सभी किसानों को पेंशन देने का काम भी हमारी सरकार करेगी

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया उन्होंने कहा कि भाजपा किसी जाति के लिये नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिये काम कर रही है उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में चौहत्तर से अधिक सीटों पर विजयी होगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी चौदह अप्रैल को अलीगढ़ और मुरादाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की तरेह लोकसभा सीटों पर दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की गई इस चरण के लिये कुल दो सौ तिरपन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किये हैं नामांकन के अंतिम दिन कल एक सौ सोलह उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे थे चौथे चरण के लिये नामांकन वापस लेने को आखिरी तारीख बारह अप्रैल है इस चरण में शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्र्रखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर में उन्तीस अप्रैल को मतदान होगा